अगर अभी भी लापरवाही बरती गई तो स्थिति बिगड सकती है उन्होंने कहा कि मास्क लगाएं हाथ धोयें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें श्री गहलोत ने कहा कि यदि आमजन ने पहले की तरह सतर्कता नहीं बरती तो सरकार को सख्त फैसले लेने ही पड़ेंगे श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार कठोर फैसलों के बजाए आमजन के सहयोग से कोरोना को नियंत्रित करना चाहती है ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल की पूरी तरह पालना कर लोगों को सरकार और प्रदेशवासियों का सहयोग करना चाहिए

चार जिलों में संक्रमण का कोई भी नया मामला नहीं मिला

प्रदेश में बढ़ते कोरोना संकमण के मददेनजर प्रशासन सतर्कता बरत रहा है इसी कड़ी में झुंनुन्न जिले को हरियाणा बॉर्डर से लगे पचेरी कलां में बुहाना ब्लॉक की चिकित्सा टीम अन्य राज्यों से आने वाले लोगों की जांच कर रही है

इस बार ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन नामांकन पत्र भी दाखिल किए जा सकेंगे

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने उपचुनाव में दौरान उम्मीदवार और उनके समर्थकों से कोरोना दिशा निर्देशों की कडाई से पालना करने की अपील की है

प्रदेशभर में उनकी याद में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं सवाई माधोपुर और ब्रंदी जिलों में आज अहिंसा यात्रा निकाली गई

उप राष्ट्रपति एम वैंकेया नायड प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सुचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को उनके बलिदान दिवस पर नमन किया है

प्रधानमंत्री ने लोगों से कार्यक्रम के आगामी संस्करण के लिए अपने विचार साझा करने का भी आग्रह किया

मौसम विभाग ने आज जयपुर भरतपुर शेखावाटी क्षेत्र और बीकानेर अजमेर उदयपुर तथा कोटा संभाग के जिलों में दोपहर के बाद कहीं कहीं अचानक तेज धूल भरी आंधी या तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है

विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोम का असर कल खत्म होगा

इस बीच आज सीकर जिले में अंधड़ के साथ बारिश के समाचार है